मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दून विधानसभा क्षेत्र में किए करोड़ों रूपए की विकास परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास देश में कोविड टीकाकरण का दूसरा चरण कल से होगा शुरू और जलशक्ति मंत्री महेन्द्र सिंह ने कहा अंतर्राष्ट्रीय मण्डी शिवरात्रि महोत्सव में वोकल फॉर लोकल को मिले बढ़ावा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

आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता जताई कि आत्मनिर्भर भारत का मंत्र देश के गांव गांव तक पहुंच रहा है एक रिपोर्ट प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वर्षा जल संरक्षण के लिए एक सौ दिन का अभियान शुरू करने पर बल दिया

प्रधानमंत्री ने स्कूल और कॉलेजों की आगामी परीक्षाओं का भी जिक्र किया

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोगों से कोरोना महामारी से सतर्कता में कोई भी ढिलाई न बरतने का आग्रह किया रितेश कपूरआकाशवाणी समाचार शिमला

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सभी विकास परियोजनाओं का कार्य तय समय में पूरा करने के निर्देश दिए उन्होंने क्षेत्र में पटटा महलोग के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्तरोन्नत करने और चण्डी में लोक निर्माण विभाग का उपमण्डल खोलने की घोषणा की इस दौरान मुख्यमंत्री ने बद्दी में इंडोर स्टेडियम और हांडा कुंडी में गौ अभ्यारण्य का भी लोकार्पण किया भाजपा इस दौरान बद्दी में भाजपा आईटी विभाग की बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि आईटी सैल ने कार्यकर्ताओं के साथ साथ नेताओं और जनता के बीच उचित संपर्क व संचार सुनिश्चित करने में प्रमुख भूमिका निभाई है उन्होंने कहा कि कोरोना काल में भी राज्य सरकार और पार्टी ने सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को सहायता पहुंचाने के साथ साथ स्थिति की निरंतर निगरानी करने का कार्य किया है प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल और प्रदेश भाजपा आईटी संयोजक चेतन बरागटा भी इस दौरान मौजूद रहे टीकाकरण देश में कोविड टीकाकरण का दूसरा चरण कल से शुरू होने जा रहा है

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों को राज्य सरकार स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत सभी निजी अस्पतालों को संबद्ध करने की स्वतंत्रता दी गई है अनुराग ठाकुर केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने ऊना के लालसिंगी गांव में आज ज़िला भाजपा कार्यालय का शिलान्यास किया उन्होंने कहा कि प्रत्येक ज़िला मुख्यालय पर भाजपा के निजी व स्थायी कार्यालय बनाए जा रहे हैं जिससे पार्टी की गतिविधियों को और बल मिलेगा अनुराग ठाकुर ने कहा कि ऊना भाजपा कार्यालय सवा साल में बनाने का लक्ष्य है प्रदेश भाजपा प्रभारी अविनाश राय खन्ना भी कार्यक्रम में मौजूद रहे शिवरात्रि महोत्सव जलशक्ति मंत्री महेन्द्र सिंह ठाक्र ने अंतर्राष्ट्रीय मण्डी शिवरात्रि महोत्सव में वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने की ज़रूरत पर बल दिया है

महोत्सव का शुभारम्भ मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र करेंगे जबकि अंतिम जलेब में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय शामिल होंगे ऊर्जा मंत्री ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने कहा है कि विद्युत बोर्ड के फील्ड कर्मचारियों ने प्रदेश के पूर्ण विद्युतीकरण में अहम भूमिका निभाई है सोलन में विद्युत कर्मचारियों के समारोह में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने बीते तीन वर्षों में विद्युत क्षेत्र को एक नई दिशा दी है जिसके परिणाम मिलने शुरू हो गए हैं सुखराम चौधरी ने सोलन को नगर निगम बनाए जाने पर शहर के लोगों को बधाई दी और कहा कि इस फैसले से ये शहर विकास का पर्याय बनकर उभरेगा

उन्होंने कहा कि ये उत्सव जन सहभागिता से मनाया जा रहा है जिसमें सरकार की ओर से कोई खर्च नहीं किया जा रहा है मारकण्डा ने बताया कि राज्य सरकार ने पहली बार साहसिक खेलों के लिए नीति बनाई है और गर्मियों में पैराग्लाइडिंग व ट्रैकिंग खेलों का आयोजन किया जाएगा

सरवीण चौधरी सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के रिडकमार और मरकोटी में आज जन समस्याएं सुनीं

कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा है कि राज्य सरकार विधानसभा में विपक्ष का सामना करने में सक्षम नहीं है और इसी वजह से विपक्ष के सवालों से बचना चाह रही है

उन्होंने कहा कि सरकार का ये फैसला असंवैधानिक और एकतरफा है जिसे सहन नहीं किया जा सकता

पार्टी महासचिव त्रिलोक कपूर ने बताया कि प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप सहित राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी बैठक में विशेष रूप से मौजूद रहेंगी